राज्यपाल नई शिक्षा नीति राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को प्रभावी तरीके से लागू करने में विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है

उन्होंने प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार भविष्य की कार्ययोजना और च्नौतियों से अवगत कराने के निर्देश दिये उन्होंने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को नई शिक्षा नीति के लिए महत्वपूर्ण बताया प्लाज्मा बैंक नैनीताल नैनीताल में प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक बनेगा जिसमें कोरोना के गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज किया जायेगा जिलाधिकारी सविन बसंल ने इसके निर्देश दिये हैं उन्होंने बताया कि सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों का उपचार किया जा रहा है हर रोज कई लोग इलाज के बाद स्वस्थ होकर वापस लौटते हैं

उन्होंने कहा कि सुशीला तिवारी अस्पताल से स्वस्थ होकर लौटने वाले लोगों से प्लाज्मा डोनेशन का घोषणा पत्र भरवाया जायेगा स्वेच्छा से प्लाज्मा देने वाले लोगों का एक डाटा बेस तैयार किया जायेगा प्लाज्मा देने वालों का ब्लड ग्र्प के साथ ही उनका मोबाइल नंबर पता और अन्य जानकारी तैयार कर ली जायेगी जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क कर लिया जायेगा जिलाधिकारी ने बताया कि प्लाज्मा बैंक के लिए मुख्य विकास अधिकारी को धनराशि अवम्क्त कर दी गयी है

उन्होंने नई टिहरी के चार कंटेन्मेंट जोन का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जिलाधिकारी ने सभी कंटेन्मेंट जोन के निवासियों का शत प्रतिशत सैंम्पलिंग कराने को कहा है

सचिवालय और देहरादुन नगर निगम जनसामान्य के लिए बंद कर दिया गया है

श्रीदेव समन विवि श्रीदेव स्मन विश्वविदयालय की परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर नई तिथियां घोषित की गई हैं

कोरोना संकट के दौर में छात्रों की सुविधा के लिए ओएम र शीट के माध्यम से परीक्षाएं कराई जाएंगी

कालेज बंद होने के कारण विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित कर दी थी अब विश्वविदयालय ने दोबारा से एमएच रडी यूजीसी और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अन्सार नया परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया है परीक्षा कार्यक्रम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है

नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए उड़न दस्तों की टीम का गठन किया गया है

कल समिति के के सदस्यों के साथ बैठक में मुख्य सचिव ने देवप्रयाग गंगोत्री बदरीनाथ में सेप्टेज मैनेजमेंट करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जिन नगरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं है उनमें सॉलिड वेस्ट के लिये ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग की जल्द प्री की जाए मुख्य सचिव ने टिहरी उत्तरकाशी पौड़ी रूद्रप्रयाग चमोली हरिद्वार के जिलाधिकारियों को नदियों में सफाई व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये

घर में अकेले रहने वाले या चलने फिरने में असमर्थ ब्ज़र्गों को घर बैठे एक कॉल करने पर उपनल के माध्यम से इलेक्ट्रीशियन प्लंबर बढ़ई तकनीशियन ड्राइवर रसोइया और नर्सिंग समेत घरेल् मदद के अन्य सेवाओं की स्विधा उपलब्ध होगी

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून और हल्द्वानी के शहरी क्षेत्रों में यह योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है इसके लिए मल्टी सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे होम सर्विस सेवाओं के लिए उपनल की ओर से प्रशिक्षित डिप्लोमा होल्डर्स कामगार या श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा

एम एस एम ई इकाइयां इस राशि का इस्तेमाल कार्यशील पूंजी कामगारों का वेतन देने के साथ ही कच्चे माल की खरीद और अन्य जरूरी कामों पर खर्च करने में कर सकती हैं ऐसी इकाइयों को और अधिक राहत देने के लिए उन्हें दी गई राशि कि किश्तों का भ्गतान भी एक वर्ष बाद देने का प्रावधान किया गया है

खटीमा और मसूरी गोलीकांड इसके प्रमाण हैं

इस बीच पार्टी सांसद और पूर्व अध्यक्ष अजय भट्ट ने मसूरी जाकर शहीदों को श्रद्धास्मन अर्पित किये उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में शहीदों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने भी मसूरी में शहीदों को श्रद्धास्मन अर्पित किये

विनय साह कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर च्के है